यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर चार दशमलव नौ चार किलोमीटर लम्बा डबल डेकर पुल है इस अवसर पर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद थे प्रधानमंत्री ने नए पुल के माध्यम से डिब्रगढ़ से धेमाजी की यात्रा भी की उन्होंने पुल के ऊपर पहली यात्री रेल को भी हरी झंडी दिखायी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने असम समेत पूरे देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देकर अपने भाषण की शुरुआत की उन्होंने कहा कि आज का दिन ऎतिहासिक है श्री मोदी ने कहा कि इस पुल की वजह से ईटानगर और डिब्रगढ़ के बीच की द्ररी दो सौ किलोमीटर से भी कम हो गई है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह महत्वपूर्ण पूल असम से अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों की दूरी कम करेगा यह प्रुल अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को असम से सड़क के साथ रेलमार्ग से भी जोड़ेगा बोगीबील पुल अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के साथ रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा लगभग पांच हजार नौ सौ करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल की अवधि एक सौ बीस वर्ष है यह रेल संपर्क ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट और उत्तरी तट पर मौजूदा दो रेल नेटवर्क को जोड़ता है

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रुप में मनाई जा रही है इस अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं नई दिल्ली में राजघाट के निकट अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल को आज राष्ट्र को समर्पित किया गया विविधता मे एकता का महत्व दर्शाने के लिए इसके निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया हैं समाधि के मध्यवर्ती मंच का निर्माण नौ वर्गाकार ब्लॉकों से किया गया है और बीच में एक दीप प्रज्ज्वलित किया गया है समाधि का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दस करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया है और ये सारी धनराशि अटल स्मृति न्यास समाज ने खर्च की है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंग उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सवेरे उनकी समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी के वयोवद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राजवर्द्वन राठौड़ कई केन्द्रीय मंत्रियों और अटलजी के परिवार के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करना सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में श्री जेटली ने कहा कि इस चुनौती से निपटने का एक उपाय किसानों को अधिक उपार्जन में सक्षम बनाना है इसके लिए सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं में अधिक निवेश करना और किसानों की उपज की खरीद में सहयोग देना जरूरी है उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से वाहनों दूरसंचार रियल एस्टेट और विमानन क्षेत्र में हाल के बिक्री रुझान पर बारीकी से नजर रखी गई केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु संबंधी मानदंड में परिवर्तन करने को कोई प्रस्ताव नहीं है प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ऎसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी खबरों और अनुमानों को विराम दिया जाना चाहिए

देश भर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी क्रिसमस आज धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है दुनियाभर में इसाई समुदाय के लोग जीसस क्राइस्ट की जयंती के रुप में क्रिसमस मनाते हैं इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री जगमगाते पेपर स्टार और फूलों से घरों को सजाते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं गिरजाधरों में मध्य रात्रि के समय प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं जहाँ लोग ईसा मसीह के स्वागत में मंगलगान करते हैं इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंग उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी है